राज्य स्थापना दिवस पर आज विभिन्न जिलों में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया

इस राज्य का गठन एक नवंबर दो हजार को किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कामना की है कि छत्तीसगढ़ देश के अन्य भागों के साथ आने वाले वर्षो में प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा प्रधानमंत्री ने भी प्रदेश की समृद्धि और चहुंमुखी विकास की कामना की

यह राज्य्य आज अपने प्राकृतिक पुरातात्विक और धार्मिक पर्यटन स्थलों की वजह से देश और विदेश के पर्यटकों की पसंदीदा जगह बना हुआ है विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में समारोह का आयोजन किया जा रहा है राजधानी रायपुर के साईस कॉलेज मैदान पर अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे तीन दिन तक चलने वाले इस राज्योत्सव समारोह में प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक कलाओं का मंचन होगा साथ ही शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं कार्यक्रम स्थल में पहुंचने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत ने हो इसके लिए यातायात पुलिस ने व्यापक व्यवस्था की है गौरतलब है कि राज्योत्सव को छत्तीसगढ़ी रंग में रंगने के लिए राज्य सरकार ने इस बार राज्योत्सव की थीम गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ रखी है राज्य स्थापना दिवस पर आज विभिन्न जिलों में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया राज्योत्सव अलंकरण राज्योत्सव के मौके पर प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मान और अलंकरणों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्यारह नागरिकों और संस्थाओं को आज अलंकरण प्रदान किए जाएंगे वहीं दूसरे दिन कल दो नवंबर को कांकेर के नितिन पोटाई को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान रायपुर के नासिर अली नासिर को हाजी हसन अली सम्मान तीरंदाजी खिलाड़ी गिरवर सिंह को महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव पुरस्कार रश्मि अभिषेक मिश्रा को मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार रायपुर के ही सीताराम अग्रवाल को दानवीर भामा सिंह पुरस्कार और प्रोफेसर आरएन त्रिपाठी को धनवंतरि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा राज्योत्सव के अंतिम दिन तीन नवंबर को नौ अलंकरण प्रदान किए जाएंगे राजभवन ओपन हाउस राज्य स्थापना दिवस और दीपावली के उपलक्ष्य में आज राजभवन में ओपन हाउस का आयोजन किया गया इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी वर्गो के लोगों स्कूली बच्चों और आमजनों ने राज्यपाल से भेंट कर उन्हें बधाई दी इस मौके पर राज्यपाल ने प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प लेने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए कहा कि इस अभियान में सभी को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए उन्होंने स्वच्छ और स्वस्थ भारत के अलावा फिट इंडिया अभियान में आम जनता की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया राज्यपाल ने कहा कि लोग स्वस्थ रहेंगे तभी प्रदेश और देश का विकास होगा मुख्यमंत्री विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास स्थित कार्यालय में राज्य योजना आयोग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक न्यूज लेटर दिशा के पहले अंक का विमोचन किया मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य योजना आयोग की इस पहल से आयोग और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय हो सकेगा गौरतलब है कि राज्य योजना आयोग द्वारा आयोग की गतिविधियों विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी विभागों को और संबंधितों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस न्यूज लेटर का प्रकाशन शुरू किया गया है

आज राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने का भी फैसला लिया गया बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मौसम और बारिश की वजह से बढ़ी नमी को देखते हुए धान खरीदी अब पंद्रह नवंबर के बजाए एक दिसंबर से शुरू होगी जो पंद्रह फरवरी तक चलेगी उन्होंने बताया कि किसानों से प्रति एकड़ पंद्रह क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी इस बार प्रदेश में उन्नीस लाख किसानों ने पंजीयन कराया है और पचयासी लाख मीटरिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आरक्षण के प्रावधान में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिला संवर्ग के पदों के लिए आरक्षण के प्रावधान में संशोधन किया जाएगा इसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को जिले में यथावत् रखा जाएगा वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सवर्णों के आरक्षण को जनसंख्या के आधार पर तय करने का फैसला लिया गया है साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा नियम उन्नीस सौ अंठानवे के नियम तीन की अनुसूची दो में संभाग और जिलों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित सौ बिन्दु मॉडल आरक्षण रोस्टर में संशोधन का अनुमोदन भी किया गया है

इसके साथ ही राज्योत्सव के दौरान दिए जाने वाले दो अन्य पुरस्कारों की भी आज घोषणा कर दी गई है शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान गंगाराम पैकरा को दिया जाएगा वहीं भंवर सिंह पोर्ते पुरस्कार मुंगेली की अभ्यारण्य शिक्षण समिति को मिलेगा गौठान पैरा उपाए प्रदेश सरकार गौठानों में पैरा दान और पैरा के रखरखाव के लिए उत्कृष्ट उपाए सुझाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करेगी अधिकारिक जानकारी के अनुसार पशु चिकित्सा सेवाओं के संचालक ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठानों में फसल कटाई के बाद बचे पैरा को इकट्ठा कर उसे पशुओं के चारे के लिए गौठान में उपलब्ध कराया जाए साथ ही किसानों को गौठानों में पैरा दान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर सर्वाधिक पैरा दान करने वाले किसानों और पैरा इकट्ठा करने तथा सुरक्षित रखने के लिए उत्कृष्ट उपाए सुझाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाए जावडेकर ई वाहन केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि परंपरागत ईंधन से चलने वाले सभी पांच लाख सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई वाहन में परिवर्तित किया जाएगा उन्होंने कहा कि इन ई वाहनों का मूल्य कम होगा पर्यावरण अनुकूल होंगे और पेट्रोल तथा डीजल की खपत भी कम होगी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये ई वाहन सर्दियों के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ने से रोकने में काफी सहायक होंगे

श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने प्रदूषण का स्तर घटाने के कई उपाय किए हैं मुख्यमंत्री तहसील घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले में चार नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है कल जांजगीर के पटेल उद्यान में सरदार वल्लभभाई पटेल की एक सौ चवालीसवीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बम्हनीडीह सारागांव बाराद्वार और अड़भार को तहसील का दर्जा दिया जाएगा कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी उपस्थित थे

अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि छठ का पर्व हमें प्रकृति के प्रति प्रेम का संदेश देता है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है